भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ और अशोक गेहलोत ने संभाली राजस्थान की कमान

प्रदेश में ठंड बढ़ी

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने श्री नाथ को दोपहर करीब ढाई बजे राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पार्टी की चुनाव अभियान समिति प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया वरिष्ठ नेता अजय सिंह समेत लाखों की संख्या में कार्यकर्ता भी समारोह में शामिल हुए श्री कमलनाथ ने फिलहाल अकेले शपथ ग्रहण की कुछ दिनों में उनके मंत्रिमंडल का गठन करने की संभावना है

छत्तीसगढ़ सीएम श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर आज रायपुर में शपथ ग्रहण की और राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री बन गए उनके साथ ही दो मंत्रियों ने भी शपथ ली श्री बघेल को राजधानी के इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवायी राज्यपाल ने श्री बघेल के अलावा मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे ताम्रध्वज साह और टीएस सिंहदेव को मंत्री के पद की शपथ दिलवाई वही आज सुबह राजस्थान में भी श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली वही उपमुख्यमंत्री पद की शपथ सचिन पायलेट ने ग्रहण की

सज्जन कुमार पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने आज सज्जन कुमार को दंगा भड़काने और साजिश रचने का दोषी करार दिया और इसके लिए उसे उम्रकैद की सजा सुनायी सज्जन कुमार को निचली अदालत ने इस मामले में बरी कर दिया था जिसके खिलाफ पीड़ित पक्ष ने उच्च न्यायालय में अपील की थी

दुर्घटना में घायल उप निरीक्षक जीप से मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में डियुटी करने के लिए आ रहे थे वही सतना जिले के बदेरा थाना क्षेत्र में भदनपुर स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री के एक तेल टैंकर ने डंपर चालक को आज टक्कर मार दी जिससे उसकी घटना स्थल पर मौत हो गयी मौसम प्रदेश में अचानक ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित है

वहीं ग्वालियर और चंबल संभागों में आने वाले जिलों के साथ ही पन्ना सतना छतरपुर और टीकमगढ़ जिले में कहीं कहीं देर रात से सुबह के समय तक कोहरे के आसार हैं इसके साथ ही सागर संभाग में आने वाले जिलों के अलावा दतिया शिवपुरी ग्वालियर और अशोकनगर जिले में शीतलहर चल सकती है

विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में प्रदेश का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया

हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में शाम से बूंदाबांदी का दौर जारी है राजधानी भोपाल में भी दूसरे स्थानों की तरह ठंड का असर है

इसके माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जायेगा